इनमें से आज जांच में दस नामांकन निरस्त हो जाने से अब पचपन उम्मीदवार रह गए हैं इस बार लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे मतदाता को वोट डालने के तुरंत बाद प्रत्याशी का विवरण मशीन पर दिखाई देगा

टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह और भाजपा उम्मीदवार वर्तमान सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने नामांकन पत्र जमा किए वहीं नैनीताल सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट हरिद्वार सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस के अम्बरीश कुमार ने अपने परचे भरे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद भुवनचंद्र खंडूड़ी के पुत्र और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए मनीष खंडूड़ी और भाजपा के तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल सीट से नामांकन किया उधर अल्मोड़ा आरक्षित सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने नामांकन पर्चा भरा इनके अलावा राज्य की पांचों सीटों पर अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया है स्लग नामांकन जांच प्रदेश में लोकसभा की पांचों सीटों पर हुए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई इसमें हरिद्वार गढ़वाल और नैनीताल सीट से तीन तीन और अल्मोड़ा सीट से एक नामांकन पत्र निरस्त किया गया है

देहरादून में सभी नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए प्रदेश में पांचों लोकसभा सीटों के लिए कुल पैसठ उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे थे जिनकी संख्या जांच के बाद अब पचपन रह गई है

उसके बाद ही चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर सामने आ पाएगी

वे देहरादून में आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाताओं और स्ट्रिंगर्स के लिए आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे षणमुगम ने बताया कि दस पोलिंग बूथों को मिलाकर एक सेक्टर बनाया गया है इस मतदान में पहली बार हर सेक्टर के लिये एक एक ईसी आईएल के इंजीनियर की तैनाती भी की गई है जो मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की तकनीकी शिकायत को दूर करेंगे उन्होंने बताया कि पहली बार सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में जीपीएस लगाया जा रहा है जिससे उनके मूवमेंट को लगातार चेक किया जा सके

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने एक वोटर गाइड तैयार की है जिसे बीएलओ घर घर पहुंचाएंगे

रैली के आयोजन के लिए तैयारियां चल रही हैं एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जनसभा की व्यवस्थाओं में लगी है वहीं जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में जुटा है जनसभा की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी रुद्रपुर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री की रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है

सी आई आई उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ एक्सीलेंस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अपशिष्ट प्रबंधन विभिन्न अधिनियमों और नियमों के साथ ही उनके संशोधनों के महत्व पर प्रकाश डाला गया

गौरतलब है कि भारतीय उद्योग परिसंघ अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले वर्तमान नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है इसका लक्ष्य मूलभूत सोच को ष्कचरे के निपटानष् से ष्कचरा प्रबंधनष् की ओर ले जाना है

उन्होंने एयर स्ट्राइक को ऐतिहासिक करार देते हुए कांग्रेस पर सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया श्री जाजू ने आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस न्यूनतम आय गांरटी योजना की घोषणा कर जनता को बरगलाने का काम कर रही है उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी योजना से फायदा पहुंचाएगी देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबों का शोषण किया और युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता से किये वादे को हमेशा निभाया जबकि भाजपा के वादे खोखले साबित हुए हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि पारदर्शी चुनाव कराने में माइक्रो ऑब्जर्वर की अहम भूमिका है उन्होंने सभी माइक्रो ऑब्जर्वर को पूरी जिम्मेदारी के साथ आयोग के मार्ग निर्देशन पुस्तिका के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये गौरतलब है कि लोक सभा चुनाव के दौरान जिले के सभी वनरेवल एवं क्रिटिकल बूथों पर मतदान के दिन सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए माइक्रो आब्जर्वर तैनात किए गए है स्लग उत्तरकाशी तैनाती उत्तरकाशी जिले के चालीस क्रिटिकल बूथों पर पीठासीन और मतदान अधिकारियों के साथ ही अतिरिक्त तकनीकि कार्मिकों की तैनाती की गई है उनको ईवीएम वीवीपैट संचालन में दक्ष करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया इसमें इक्यावन तकनीकी कार्मिकों के अलावा उनतीस पीठासीन और बाईस मतदान अधिकारी प्रथम को भी प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान बताया गया कि पीठासीन और मतदान अधिकारियों के साथ क्रिटिकल ब्रथों पर एक एक तकनीकी कर्मचारी इसलिए नियुक्त किये जा रहे हैं ताकि कहीं पर ईवीएम और वीवीपैट की समस्या आने पर उसका तुरन्त निदान किया जा सके समस्या का समाधान न करने पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी स्लग प्रशिक्षण रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने में पोलिंग पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण है पारदर्शी निष्पक्ष और शातिंपूर्ण चुनाव के लिए सभी को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना होगा जिले में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट सैक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारियों का पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि हर कार्मिक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के प्रयोग की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें ताकि मतदान के दिन कोई कठिनाई न हो

इसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीन की तकनीकी जानकारी के साथ ही मतदान के दिन प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में बताया गया स्लग मतदाता जागरूकता बागेश्वर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बागेश्वर जिले के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं

इस अभियान के तहत उन मतदेय स्थलों में जहां पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा हो जिनमें चुनाव बहिष्कार की संभावना है और महिलाओं और युवा मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा अन्य मतेदय स्थलों पर पोस्टर और पम्फलेट और बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी उनके लिए आने जाने की सुविधा के साथ ही कुछ चुनिंदा जगहों पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित किये जाएंगे दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए मतदान के दौरान सहयोगी की व्यवस्था होगी इसके अलावा दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कतार भी होगी

देहरादून पहुंची आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक ईरा जोशी ने एक कार्यशाला के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है

इसके लिए एफएम चैनलों को कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा उन्होने कहा कि फिलहाल यह योजना प्रयोग के तौर पर चल रही है